शोरगूल के कारण विधानसभा में नहीं चल सका प्रश्नकाल और शून्यकाल

और नालंदा जिले में प्रसिद्ध राजगीर महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ

विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस राजद और भाकपा माले के सदस्य रविवार को कांग्रेस के मार्च के दौरान प्रलिस लाठीचार्ज के विरोध में सदन के बीचोंबीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हंगामे के कारण आज प्रश्नकाल शून्यकाल सहित भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही नहीं चल सकी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष के सदस्यों से बार बार शांत रहने और नियम के अनुसार इस मामले को उठाने को कहा लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी दोबारा जब फिर कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने कार्यवाही जारी रखी और बिहार विनियोग अधिकाई व्यय संख्या दो विधेयक दो हजार उन्नीस को सदन में पारित कराया इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी इधर विधान परिषद में भी कांग्रेस के मार्च पर लाठी चार्ज के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ विपक्ष के सदस्यों ने सरकार से वक्तव्य की मांग करते हुए इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया जिसे कार्यकारी सभापति हारुण रशीद ने अस्वीकृत कर दिया इसके विरोध में राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की शोरगुल के बीच ही सभापति ने सदन की कार्यवाही पूरी करायी भोजनावकाश के बाद अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माहौल में सदन की कार्यवाही चली उच्चतम न्यायालय ने वायु गुणवत्ता पेयजल और कचरे के निष्पादन को लेकर आज सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्मॉग की स्थिति और प्रदूषण से निपटने के उपायों को लेकर दस दिनों के भीतर ठोस कदम उठाने को कहा है शीर्ष न्यायालय ने गंगा यमुना सहित अन्य नदियों में प्रद्षण पर अंकुश लगाने को लेकर सभी राज्यों के प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है कल संविधान दिवस है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयन्ती समारोह के क्रम में संसद में सताईस नवम्बर दो हजार पंद्रह को संविधान के प्रति वचनबद्धता पर हुई बहस के समापन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधन में कहा था कि संविधान में दो सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया गया है पहला भारतीयों का आत्म सम्मान और दूसरा भारत की एकता साउंड बाईट संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है और उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला हैं इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है हम जितना गौरव करें उतना कम हैं और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्नेटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया केन्द्र सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को साठ वर्ष की आयु अथवा तैंतीस वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है आज लोकसभा में कोन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लोकसभा में बताया कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग तीस हजार अध्यापकों के पद खाली हैं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरें शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों से ऐसे अनुबंधित अध्यापकों का पैनल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश बनाने को कहा गया है जो विख्यात शिक्षकों तथा एम फिल और पीएचडी के लिए योग्य शोधकर्ताओं पर आधारित हों राज्य सरकार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर गठित कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला किया जायेगा शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने आज विधान परिषद् में इसकी जानकारी दी इससे पहले नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त से संबंधित विस्तृत नियमावली को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार से जवाब मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार समेत भाजपा के अनेक नेताओं ने स्वागत किया प्रधानमंत्री झारखंड के डाल्टेनगंज में चुनाव प्रचार के लिये जाने के क्रम में गया पहुंचे थे इसके बाद वे हेलीकाप्टर से पलामू के लिये रवाना हो गये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले में तीन दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध राजगीर महोत्सव का उद्घाटन किया इस अवसर पर राजगीर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये कई कदम उठाये जा रहे हैं जिससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि राजगीर सभी धर्मों का एक पवित्र स्थल है यहां स्थित विभिन्न धार्मिक केन्द्रों को विकसित किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले माह ग़्रूनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव शीतल कुंड स्थित गुरूद्वारे में भव्य तरीके से मनाया जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव में भाग लेने के लिये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं

इस दौरान होने वाली खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां भी पूरी कर ली गयी है दंगल प्रतियोगिता क्रिकेट प्रतियोगिता कवड्डी प्रतियोगिता ताइक्वांडो प्रतियोगिता खो खो प्रतियोगिता रग्बी कराटे में खिलाडी अपना दम खम दिखायेंगे आज पहले दिन सांस्कृतिक संध्या में मशहर गजल गायक पंकज उधास ने अपनी गजल गायकी की तान से श्रोताओं का मन मोह लिया आकाशवाणी समाचार के लिए राजगीर से निरंजन क्मार राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जगदानंद सिंह का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है श्री सिंह के अलावा राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिये किसी ने भी नामांकन नहीं किया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा सताईस नवम्बर को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में की जायेगी श्री सिंह राजद के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे का स्थान लेंगे बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ ने चौकीदारों और दफादारों की सेवा जिलाधिकारियों से हटाकर पुलिस अधीक्षकों के अधीन लाने का विरोध किया है राज्य सरकार के इस प्रावधान के विरोध में चौकीदारों और दफादारों ने आज पटना में धरना प्रदर्शन किया इस अवसर पर पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था के तहत चौकीदारों और दफादारों को उनके जिले से बाहर ड्यूटी के लिये भेजा जा रहा है जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है इधर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में कल पटना में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मूंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है कल मूंगेर में एक निजी कार्यक्रम में श्री चौबे ने जिला प्रशासन को पच्चीस एकड़ जमीन तलाश कर एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और उससे पांच लाख रूपये लूट लिये वैशाली जिले के हाजीपुर में पिछले दिनों एक निजी फायनांस कंपनी से इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के सोना लूट मामले में तिरहुत के पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज के आधार पर पहचान करते हुए लूट में शामिल तीन आरोपियों का चित्र भी जारी किया है सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र स्थित एसबीआई की भोरहोपुर शाखा में आज दिनदहाड़े सशस्त्र अपराधियों ने लूटपाट की और विरोध करने पर प्रबंधक और कैशियर को बंदूक के बट से मार कर घायल कर दिया वहीं मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के सरैया बाजार के पास पेट्रोल पंप से अपराधियों ने तैंतीस हजार रूपये लूट लिये बेगूसराय नगर थानाक्षेत्र में अलग अलग स्थानों से चोरों ने लगभग साढ़े आठ लाख रुपए की चोरी कर ली औरंगाबाद जिले के मदनपुर थानांतर्गत शिवगंज निवासी राजद नेता और ईंट भट्टा संचालक मोहम्मद मुर्तजा हत्याकांड में शामिल एक नक्सली विकास यादव को पूलिस ने नवीनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है बक्सर केन्द्रीय कारा में आज एक सजायाफ्ता कैदी की बीमारी से मौत हो गयी काराधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने बताया कि कैदी का पिछले कई दिनों से इलाज चल रहा था

शोरगुल के कारण विधानसभा में नहीं चल सका प्रश्नकाल और शून्यकाल

और नालंदा जिले में प्रसिद्ध राजगीर महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ